स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा राज्य में टीकाकरण की तैयारी पूरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन दो हजार इककीस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा

भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्रेम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हुई है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास देशों में शामिल है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है

यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है सीएसआईआर एनपीएल ने देश के विकास के साइटिफिक एवोल्यूशन और इंवेल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निमाया है श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी साउंड बाईट मैं चाहूंगा कि सीएसआईआर वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें कोरोना काल के अपने अनुमवो को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामो को नई पीढी से साझा करें इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे उन्होंने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं श्री मोदी ने कहा कि देश में क्षमता निर्माण उन मानकों और गुणवत्ता पर निर्धारित होगा जिन्हें हम बनाए रखेंगे उन्होंने कहा कि देश द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को तय करेंगे

यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है इसलिए मेट्रोलॉजी मॉर्डनिटी की आधारशिला है जितनी बेहतर आपकी मेथरोलॉजी होगी उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी मापिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्य की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश में ही अनुसंधान किया गया और यह पूरी तरह भारतीय वैक्सीन है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सूरक्षित है

जो ट्रायल्स हुए है समी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अभी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इश्यू है देश को घबराना नहीं चाहिए ये बिलकुल सेफ वैक्सीन है

नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य और कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा है कि टीके की खोज देश के लिये बड़ी उपलब्धि है

जो सीरम वैक्सीन कॉम्पोजिशन है उसके बारे में साधारण कंडीशन्स है जो कि हम एमरजेंसी यूज में लेते हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड का टीका शुरू में कोरोना योद्धाओं जैसे प्राथमिकता वाले समूहों को लगाया जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दो वैक्सीन के उपयोग की अनुमति देने के भारत के फैसले का स्वागत किया है संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दिए जाने का स्वागत करता है डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे क्षेत्र में कोविड महामारी से लड़ाई में मदद मिलेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा परन्तु यह सलाह दी गई है कि इस महामारी से रक्षा के लिए लोगों को कोविड टीके की पूरी डोज लेनी चाहिए इससे परिवार के सदस्यों मित्रों संबंधियों और साथ काम करने वालों को वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में कोविड उन्नीस के टीकाकरण के लिये तैयारी पूरी कर ली गयी है श्री पांडेय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में राज्य में टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिये केन्द्र से पूरी तकनीकी मदद मिल रही है श्री पांडेय ने कहा कि वैक्सीन के रख रखाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले नौ सौ अस्सी से अधिक उपकरणों को विभिन्न जिलों को आवंटित कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कोविड पोर्टल पर निबंधित चार लाख बयालीस हजार एक सौ पंचानवे लाभार्थियों को टीका दिया जायेगा श्री पांडेय ने कहा कि टीकाकरण के लिए पैंसठ हजार टीकाकर्मी चिह्नित किये गये हैं जिनकी सेवा आगे ली जा सकेगी उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए स्थल का निर्धारण चुनाव के लिए तैयार किये गये मतदान केंद्रों के आधार पर किया गया है राज्य में कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के साथ ही आज से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल गये कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ये संस्थान बंद थे सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय किये गये हैं सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को दो मास्क भी दिए गए पहले दिन नौंवी और उससे ऊपर की कक्षाओं के पचास प्रतिशत छात्र छात्राएं अपने अपने संस्थानों में उपस्थित हुए सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को छात्रों को अलग अलग बैचों में बुलाने का भी विकल्प प्रदान किया है प्रधान शिक्षा सचिव संजय कुमार ने शैक्षिक संस्थानों से ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करने को कहा है जो नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं पटना उच्च न्यायालय में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद आज पहली बार सामान्य कामकाज शुरू हुआ हालांकि भौतिक रूप से कामकाज प्रयोग के तौर पर पंद्रह जनवरी तक के लिए शुरू किया गया है वास्तविक सुनवाई के लिए हर पीठ के समक्ष प्रतिदिन केवल पच्चीस मामले लाये जायेंगे राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख अड़तालीस हजार छह सौ चालीस मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार दो सौ उनतीस है इधर पिछले चौबीस घंटो के दौरान कोरोना के तीन सौ चौवालीस नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक एक सौ तैंतालीस मामलों की पुष्टि हुई है मुजफ्फरपुर में चौबीस गोपालगंज में उन्नीस भोजपुर और सारण में सोलह सोलह तथा वैशाली और गया में दस दस मामले सामने आये हैं वहीं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सुलभ संपर्क के लिये शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने सुलभ संपर्कता योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी अड़तीस जिलों में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि शहरों में फ्लाईओवर के निर्माण से यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी बैठक में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आकाश में बादल छाये रहे जिससे न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी है

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि चुनाव में हार से बौखलाये तेजस्वी यादव बार बार राज्य की जनता के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं श्री सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों से तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख और कमजोर हो रही है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल को आज उनकी जयंती पर कृतज्ञता के साथ याद किया गया द्रष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि अत्यंत महत्वपूर्ण है उनका जन्म चार जनवरी अठारह सौ नौ को उत्तरी फ्रांस के कूप्रे शहर में हुआ था इस अवसर पर बिहार नेत्रहीन परिषद् की ओर से पटना के अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय में समारोह आयोजित कर लुई ब्रेल को याद किया गया इस अवसर पर परिषद् के सचिव रमेश प्रसाद सिंह ने कोरोना काल में भी नियमित रूप से ऑनलाईन माध्यम से छात्राओं का अध्यापन कार्य जारी रखने के लिये सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिया प्रदेश के अन्य भागों में भी ब्रेल जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राष्ट्रीय जनता दल ने विधायक समीर महासेठ को विधानसभा में पार्टी का सचेतक बनाया है

धनशोधन के आरोप में कटिहार जिले के चौधरी मुहल्ला से गिरफ्तार पांच अफगानी नागरिकों को पूर्णिया सेंट्रल जेल से कटिहार मंडल कारा में भेज दिया गया है बक्सर जिले के सिमरी और चक्की प्रखंडों में दिव्यांगजनों के विभिन्न न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिये चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया इस दौरान चार सौ से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा राज्य में टीकाकरण की तैयारी पूरी